महेन्द्र सिंह ठाकर ने बागवानी और जल शक्ति विभाग के कार्यो की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि सिंचाई व पेयजल की कई योजनाए मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजी गई हैं और मंजूरी मिलने पर इन पर कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा सुखराम चौघरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं मण्डी जिले के चैलचौक में विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने फील्ड में रोजाना चल रही तकनीकी खामियों को दूर करने पर बल दिया ताकि लोगों को बिजली के कटों से निजात मिल सके उन्होंने कहा कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड में जल्द ही टी मेट और जूनियर टी मेट की भर्ती की जा रही है ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना को जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए कृषि मंत्री कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने लाहौल स्पीति के क्क्मसेरी में आज कृषि विज्ञान केन्द्र का दौरा किया उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों से लाहौल स्पीति को प्रदेश का पहला शत प्रतिशत प्राकृतिक खेती आधारित जिला बनाने के कार्य को तेजी से करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष एक लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के साथ जोडने का लक्ष्य रखा है वन मंत्री प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सरकार इको दूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है मण्डी जिले के पनारसा में आज ट्रैकर हट के शिलान्यास अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने ये जानकारी दी

पठानिया ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को घरद्वार पर ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे पोषण अभियान चम्बा ज़िले ने पोषण अभियान के बेहतर कार्यान्वयन में इस वर्ष प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है मण्डी जिला दसरे जबकि कांगडा तीसरे स्थान पर रहा है चम्बा के उपायक्त विवेक भाटिया ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए महिला व बाल विकास विमाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बधाई के पात्र हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जिले में पोषण अभियान को गम्भीरता के साथ चलाया गया है अभियान के जिला समन्वयक विकास शर्मा ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल दौरे से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित की है जो प्रदेश के लिए किसी सौगात से कम नहीं है उन्होंने कहा कि प्रदेश जहां सूरंग की खुशी मना रहा है वहीं विपक्ष के नेता इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं

पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि इसके तहत नए कृषि व श्रमिक कानूनों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे